उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से देश में विश्वस्तरीय विद्यार्थी तैयार करने में मदद मिलेगी प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जायेगा राज्य का पहला मैंगो फेस्टिवल आज बांसवाडा में सम्पन्न हो रहा है

शिखर धवन ने शानदार शतक लगाया

कोलंबो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि एक बार फिर से श्रीलंका पहुंचने पर वे बहत ख्श हैं पिछले चार वर्षों में श्रीलंका की यह उनकी तीसरी यात्रा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने मित्रों को उस वक्त कभी नहीं भूलता जब वे जरूरत में होते हैं प्रधानमंत्री सीधे सेंट एंटनी चर्च पहुंचे जिसे ईस्टर के अवसर पर निशाना बनाया गया था श्री मोदी ने वहां आतंकी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्वांजलि अर्पित की एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आतंक की कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की भावना को पराजित नहीं कर सकतीं उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुट होकर खड़ा है श्रीलंका से स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कोलंबो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि इस नीति में मातूभाषा को उचित महत्व दिया गया है किंतु बहु भाषी विश्व में अन्य भाषाओं को जानना भी जरूरी है

पुलवामा आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबसे अधिक तरजीह वाले देश का दर्जा खत्म कर पाकिस्तानी वस्तुओं के आयात पर दो सौ प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का कठोर आर्थिक फैसला किया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ करीब पैंतीस हजार लोग प्रभात तारा मैदान में योग करेंगे इच्छुक व्यक्ति इसके लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट योगा डे इंडिया डॉट एन आई सी डॉट इन पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं

यह कार्यक्रम जयपुर जोधपुर दिल्ली देहरादून बैंगलूरू भुवनेश्वर चैन्नई मुंबई और प्रणे में इग्नू क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से संचालित करवाया जाएगा जयपुर क्षेत्रीय केन्द्र की निदेशक ममता भाटिया ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम का अध्ययन करने के बाद शिक्षार्थी योग के मूल सिद्दान्तों और अभ्यास को समझ सकेगें

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बाडमेर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही श्री भाटी ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिये आरपीएससी से सिफारिश की गई है आने वाले कुछ दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी

राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि बोर्ड में सप्ताह में पांच दिन ही कार्य होगा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि अब शनिवार और रविवार को स्थाई रूप से अवकाश रहेगा

ये परीक्षा बीकानेर के साथ साथ जयपुर शहर के निर्धारित केन्द्रों पर ली गई

श्री खाचरियावास आज जयपुर के विद्याधरनगर में आयोजित रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर को संबोधित कर रहे थे परिवहन मंत्री ने कहा कि मानव सेवा के लिये सही समय पर सही दिशा में और सही भावना से किया गया प्रयास सराहनीय है उन्होंने सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का भी आग्रह किया श्री खाचरियावास ने बताया कि राज्य सरकार पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा के लिये अभियान चलाने की योजना पर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि उद्योग रत्न पुरस्कारों से राज्य में उद्योगों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित होने के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों को और बेहतर कार्य करने का अवसर मिलता है

उन्होंने पेयजल से वंचित घरों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने के भी निर्देश दिये

लंदन में खेले जा रहे आज के मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया